कहा ये गर्व की बात है कि भारत विश्व का सबसे बडा टीकाकरण अभियान चला रहा है

और होलिका दहन आज रंगों का त्योहार होली कल मनाया जायेगा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

सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से कोविड टीका लगाने की अपील की है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सौ वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाये हैं उन्होंने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी याद रखना चाहिए

मैं आप सभी श्रोताओं के विचारों की सराहना करता हूँ

लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिये जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था

उसी प्रकार से हमारे कोरोना वारियर्स के प्रति सम्मान आदर थाली बजाना ताली बजाना दिया जलाना आपको अंदाजा नहीं है कोरोना वारियर्स के दिल को कितना छू गया था वो और वो ही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके बिना रुके डटे रहे देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए जी जान से जूझते रहे श्री मोदी ने कहा कि यह बहुत ही सुखद संयोग है कि उन्हें पचहत्तरवीं बार मन की बात करने का अवसर मिला है श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के माध्यम से किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की संघर्ष गाथा किसी स्थान के इतिहास को सामने लाकर देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बनाया जा सकता है

अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम पूरे देश में लगातार हो रहे हैं अलग अलग जगहों से इन कार्यक्रमों की तस्वीरें जानकारियाँ लोग शेयर कर रहे हैं नमो एप पर श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के जरिये ऐसी अमृतधारा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के सौ वर्ष तक प्रेरणा देगी

आप देखिएगा देखते ही देखते अमृत महोत्सव ऐसे कितने ही प्रेरणादायी अमृत बिंदुओं से भर जाएगा और फिर ऐसी अमृत धरा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के सौ वर्ष तक प्रेरणा देगी देश को नई ऊँचाई पर ले जाएगी कुछ न कुछ करने का जज्बा पैदा करेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का अर्थ है कि हम नये संकल्प करें और उन संकल्पों को पूरा करें तथा अपनी स्वतंत्रता को पूरी ईमानदारी के साथ संजोकर रखें बाईट प्रधानमंत्री अब हमेंसतत कर्तव्य पथ के लिए प्रेरित करे और जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणरू उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें और आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएँ और संकल्प वो हो जो समाज की भलाई के हो देश की भलाई के हो भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हो और संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयं का कुछ न कुछ जिम्मा हो मेरा अपना कर्तव्य जुड़ा हुआ हो मुझे विश्वास है गीता को जीने का ये स्वर्ण अवसर हम लोगों के पास है श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नये विकल्पों को अपनाना भी जरूरी है

भारत के कृषि जगत में आध्रनिकता ये समय की मांग है बहुत देर हो चुकी है हम बहुत समय गवां चुके हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को नए नए इनोवेशस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है

अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बन करके उभर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्रमक्खी पालन देश में शहद क्रांति या मीठे आंदोलन का आधार बना रहा है

यानि एक तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद कर रहे हैं आज तो पूरी दुनिया आयुर्वेद और नेच्यूरल हैल्थ प्रोडक्ट्स की ओर देख रही है

मैं चाहता हूँ देश के ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी खेती के साथ साथ बी फार्मिंग से भी जुड़ें ये किसानों की आय भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठास भी घोलेगा श्री मोदी ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से लाइट हाउस अनूठे होते हैं उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में इकहत्तर लाइट हाउस की पहचान की गई है

इन सभी लाइट हाउस में उनकी क्षमताओं के मुताबिक म्यूजियम एम्फी थियेटर ओपन एयर थियेटर कैफेटेरिया चिल्ड्रन पार्क इको फ्रैंडली कोटेजिस और लैंडस्केपिंग तैयार किये जाएंगे राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण होली के दिन सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन और किसी भी प्रकार के अन्य आयोजनों पर रोक लगा दी है आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि होलिका दहन के अवसर पर कम से कम लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति है साथ ही शब ए बरात पर भी बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गयी है बैठक में कोविड प्रोटोकॉल को पूरी सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है आज होलिका दहन है रंगों का त्योहार होली कल मनाया जायेगा होली को लेकर प्रशासन विशेष चौकसी बरत रहा है और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गयी है कोरोना संक्रमण को देखते हुये प्रशासन ने लोगों से कोविड नियमों का पालन करते हये होली मनाने की अपील की है होली को लेकर अस्पतालों और अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं इधर होली के मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं राज्य में अब तक छब्बीस लाख तेईस हजार सात सौ इकतालीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं इसमें इक्कीस लाख छियानवे हजार सात सौ पचासी लोगों को टीके की पहली डोज जबकि चार लाख छब्बीस हजार नौ सौ छप्पन लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देशभर में अब तक पांच करोड़ चौरानवे लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं प्रदेश के तैंतीस जिलों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के एक सौ पंचानबे नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक अस्सी मामले पटना से सामने आये हैं वहीं बेगूसराय और गया से नौ नौ पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख चौंसठ हजार छह सौ चार हो गयी है

देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव आठ चार प्रतिशत हो गई है अब तक एक करोड बारह लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं हालांकि कई राज्यों में कोविड के मरीजों की संख्या अचानक बढने से देश में संक्रमित लोगों की संख्या निरन्तर बढ रही है इस समय चार लाख बावन हजार से अधिक लोग संक्रमित हैं जो कुल संक्रमित मरीजों का तीन दशमलव आठ प्रतिशत है कल बावन हजार से अधिक नये मरीज सामने आये कुल संक्रमित लोगों की संख्या एक करोड उन्नीस लाख से अधिक हो गई है दरभंगा एयरपोर्ट से आज से कोलकाता हैदराबाद और पूणे के लिए भी विमान सेवा शुरू हो गई इससे पहले दरभंगा से दिल्ली मूम्बई बंगलोर और अहमदाबाद के लिए विमान सेवा दी जा रही थी नालंदा जिले के तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को कुचल दिया जिससे छह लोगों की मौत हो गयी जमुई पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर नक्सली हरो राणा को बरहट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है रोहतास जिले में पूलिस ने बाईस अपराधियों और शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है पूलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के पास से एक पिस्तौल एक कार एक ट्रक समेत शराब जब्त की गयी शेखपुरा पुलिस ने शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र से एक साइबर ठग और एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है

कहा ये गर्व की बात है कि भारत विश्व का सबसे बडा टीकाकरण अभियान चला रहा है

और होलिका दहन आज रंगों का त्योहार होली कल मनाया जायेगा